लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीताकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी समेत सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता शॉमिल हैं राज्य सभा के सभापति एम वेंकैया नायड् ने सदन में विभिन्न दलों के नेताओं की कल बैठक बुलाई है सरकार ने भी कल सर्वदलीय बैठक आयोजित की है संसद का शीतकालीने सत्र तेरह दिसम्बर को समाप्त होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने भेंट की

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आठ महत्वाकांक्षी जनपदों को कार्य योजना बनाकर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई महत्वाकांक्षी जनपदों ने नीति आयोग की मासिक रैंकिग में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है इन जनपदों में शिक्षा के क्षेत्र में शत प्रतिशत छात्र नामांकन के लिए विशष प्रयास किये गये हैं तथा चिकित्सकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक घर शद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रयासरत है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश का माहौल तैयार किया है जिसके फलस्वरूप निवेशक एवं उद्यमी लगातार निवेश कर रहे हैं आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है यह दिन स्वतंत्र और उत्तरदायी प्रेस का प्रतीक है

इस अवसर पर आज नई दिल्ली म आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने मीडिया के द्रूपयोग पर चिंता प्रकट की उन्होंने कहा कि आजकल व्यापारिक समूह और राजनीतिक दल भी अपने समाचार पत्र और चैनल शुरू कर रहे हैं इनके माध्यम से वह अपने निहित स्वार्थों को और पत्रकारिता के सिद्धांतों के साथ समझौता कर रहे हैं श्री नायडू ने कहा कि समाचारों को सनसनीखेज बनाना समाचारों का पक्षपात पूर्ण कवरेज और पेड न्यूज आज मीडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है गैर संचारी बीमारियों के खतरों की चर्चा करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारों को इस संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए आगे आना चाहिए उन्होंने कहा कि ऐसी बीमारियां हमारी पीढ़ी को खत्म कर रही हैं उन्होंने कहा कि खराब जीवन शैली और खान पान की गलत आदतं ऐसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार हैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज पेड न्यूज से भी ज्यादा खतरनाक है और इससे कुशलतापूर्वक निपटने की जरूरत है उन्होंने कहा कि प्रेस की आजादी सशक्त लोकतंत्र के लिए आवश्यक है और सरकार प्रेस की पूरी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रही है उन्होंने कहा कि मीडिया को आलोचना का अधिकार है लेकिन उसे फेक न्यूज और झूठी तथा भ्रामक खबरें देने से बचना चाहिए ये इन्टर्पिटेशन में बड़ा गडबड़ होता है न्यूज अलग है व्यूज अलग है न्यूज होने का अधिकार है लेकिन दूसरा व्यज भी होने की आजादी है लोगों को न्यूज मिलने का अधिकार है मुझे लगता है कि फ्रीडम् हेज दू बी रिस्पान्सिबल फ्रीडम और वो रिस्पान्सिबल फ्रीडम की हमें जरूरत है और आज फेक न्यूज का संकट है मैं आज चाहूंगा कि आज प्रेस डे के अवसर पर प्रेस वाले भी मंथन करे क्यों कि आपका टीआरपी भी बिगड रहा है

श्री जावड़ेकर ने कहा कि मीडिया को जवाबदेह बनाए जाने की जरूरत है सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी के नये रंग भवन सभागार का उदघाटन किया

उन्होंने देश के सबसे विश्वसनीय समाचार माध्यम के रूप में आकाशवाणी की प्रशंसा की आकाशवाणी जैसा विश्वसनीय दूसरा कुछ भी नहीं है और आकाशवाणी ही है जो सब जगह पह चता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी हैं जिन्होंने आकाशवाणी के विश्वसनीयता को समझकर जनता तक पहुंचने का और मन की बात करने के लिए आकाशवाणी का उपयोग करने का निर्णय लिया ये उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व का कमाल है एक अदभुत पहुंच जिसकी है वो आकाशवाणी है इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश मंत्रालय में सचिव अभित खरे प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंशि शेखर वेम्प्टि और सदस्य राजीव सिंह भी उपस्थित रहे

केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बढ़त तापमान में कमी लाने के लिए बिजली की कम खपत वाले नवीन विद्युत उपकरण विकसित करने का आहवान किया है नई दिल्ली में कल आयोजित एक समारोह में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि बिजली की कम खपत वाले और पर्यावरण अनुकूल विद्युत उपकरणों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सरकार वैश्विक जलवायु एजेंडे पर प्रभावी कार्रवाई के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार के प्रयासों में तेजी ला रही है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

केन्द्र सरकार देश में वेतन का दिन एक प्रणाली लाने की तैयारी कर रही है केन्द्रीय श्रम राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने बताया कि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सरकार इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में काम कर रही है उन्होंने कहा कि अलग अलग सेक्टर के कर्मचारियों का वेतन समय पर सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक हो दिन वेतन दिये जाने का प्रावधान होना चाहिए

श्रम राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सभी सेक्टरों में एक समान न्यूनतम वेतन की दिशा में भी काम कर रही है और ॅतीन माह के अंदर यह प्रणाली लागू कर दी जायेगी श्री गंगवार ने कहा कि जिन मजदूरों को प्रतिदिन वेतन दिया जाता है उनके लिए वेतन देने का समय भी निर्धारित हो इसका प्रावधान भी सरकार लाने वाली है

प्रदेश सरकार द्वारा खादय पदार्थो एवं औषधि के परीक्षण के लिए प्रयोगशालायें स्थापित की जा रही हैं श्री सैनी ने मेरठ के लाला लाजपतराय मेडिकल कालेज परिसर में स्थापित क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण कार्यो का लोकार्पण और राजकीय मोबाइल प्रयोगशाला के उदघाटन अवसर पर यह बात कही उन्होंने कहा कि मोबाइल प्रयोगशाला में ऑन द स्पाट खाद्य पदार्थो के परीक्षण की व्यवस्था की गयी है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर और कानपुर मुख्यालय में भी प्रयोगशालायें स्थापित किये जाने के लिए स्वीकृति दे दी है उन्होंने बताया कि प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर एक प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रयास किये जायेंगे

इस प्लेटफार्म से अब रात में भी ताजमहल को देखने वाले देशी विदेशो पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित ताज नाइट व्यू प्लेटफार्म से सुबह सात बजे से दस बजे तक और शाम सात बजे से रात दस बजे तक ताजमहल का दीदार किया जा सकेगा

समाज कल्याण राज्यमंत्री ने कहा कि इस प्लेटफार्म के बनने से रात में ताजमहल देखने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ेगी तथा अधिक संख्या पर्यटक आगरा में रात्रि प्रवास करेंगे जिसका लाभ यहाँ के व्यापारियों को भी मिलेगा कानपुर देहात में गरीब महिलाओं को मिले उज्ज्वला गैस कनेक्शन से उनकी सेहत सुधर रही है और सांस की बीमारियां भी कम हो रही है दो हजार सोलह मं दो लाख पाँच हजार मरीजों के रोग विवरण के आधार पर पड़ताल करने के बाद इंडियन चेस्ट सोसाइटी ने यह पाया है कि एलपीजी कनेक्शन मिलने के बाद श्वास रोग समेत कई बीमारियां कम हुई हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह को लखनऊ कैन्ट सीओ के मोबाइल पर की गयी वार्ता के कथित आडियो के वायरल होने को गम्भीरता से लेते हुए अपने सरकारी आवास पर तलब किया मुख्यमंत्री ने इस मामल पर स्वाति सिंह से जवाब तलब किया और नाराजगी व्यक्त की

श्री सिंह ने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर मंत्री स्वाति सिंह और सीओ कैन्ट की बातचीत का कथित आडियो वायरल हुआ था जिसमें स्वाति सिंह सीओ से सवाल जवाब कर रही हैं